मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने बलरामपुर रामानुजगंज और बलौदाबाजार जिले में बीस नवंबर को होने वाले मतदान की तैयारियों का जायजा लिया

इस चरण में बहत्तर सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज अभ्बिकापुर में भाजपा की चुनाव रैली को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के माओवाद प्रभावित बस्तर क्षेत्र में जनजातीय लोगों ने बड़ी संख्या में वोट डालकर अलोकतांत्रिक तत्वों को पराजित कर दिया है सामने मौत के खेल खेले जा रहे थे फिर भी डरे बिना झुके बिना थके बिना इतनी भारी मात्रा में मतदान किया वो एक प्रकार से भारत के लोकतंत्र की ताकत को छत्तीसगढ़ के बस्घ्तर के जंगलों में रहने वाले मेरे आदिवासी भाई बहनों ने सिद्ध कर दिया है और हिंसा के रास्ते जनता के अधिकारों को दबोचने वाले लोगों को करारी चोट पहुंचाई हैं प्रधानमंत्री ने लोगों से दूसरे चरण में भी भारी मतदान करने को आग्रह किया

इतना भारी मतदान करो इतना भारी मतदान करो कि बस्तर के लोगों ने जो हिम्मत दिखाई है उस हिम्मत के प्रति आपका भी गौरवगान ठप्पा लग जाए प्रधानमंत्री ने कहा कि हर सरकार का उद्देश्य केवल कुछ का ही नहीं बल्कि सभी का कल्याण होना चाहिए श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार का मंत्र सबका साथ सबका विकास है और सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि विकास के लाभ सभी को मिलें प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि कांग्रेस की चार पीढ़ियों ने देश पर शासन किया लेकिन उनके पास लोगों से कहने के लिए कुछ नहीं है

कांग्रेस के नवजोत सिंह सिध्द ने आज कोरबा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पार्टी उम्मीदवार के पक्ष में समर्थन मांगा उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर जमकर निशाना साधा शेरो शायरी के अंदाज में श्री सिध्दू ने भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने चुनाव से पहले किए गए अपने वादों को पूरा नहीं किया उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने अमीरों के करोड़ों रूपये का कर्ज तो माफ कर दिया लेकिन किसानों का कर्ज माफ नहीं कर रहे हैं वहीं कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरप्पा मोइली ने रायपुर में मीडिया से चर्चा करते हुए आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने अपने साढ़े चार साल के कार्यकाल में कोई भी उल्लेखनीय ँ कार्य नहीं किया उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने विदेशों में जमा कालाधन लाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया इसके अलावा कांग्रेस के स्टार प्रचारक रणदीप सिंह सुरजेवाला और राजबब्बर ने भी पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में कई स्थानों पर जनसभाओं को संबोधित किया

उन्होंने आज जांजगीर में चुनाव सभा को संबोधित करते हुए कहा कि यदि छत्तीसगढ़ में उनके गठबंधन की सरकार बनती है तो यह सरकार गरीबों और आदिवासियों के साथ सभी वर्गों के विकास के लिए प्राथमिकता के साथ कार्य करेगी साथ ही सुश्री मायावती ने कहा कि यह सरकार माओवादी हिंसा पर भी रोक लगाएगी गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में बसपा ने जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के साथ गठबंधन किया है वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने आज इंदौरी सहसपुर लोहारा सीपत नवागढ़ और बलौदा में चूनावी सभाएं लीं भाजपा के स्टार प्रचारक मनोज तिवारी ने भी दूर्ग जिले के वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभा को संबोधित किया आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने भी आज शाम डिजिटल सभा के माध्यम से राज्य के मतदाताओं से सीधा संवाद किया उनके भाषण का सीधा प्रसारण राज्य के अड़सठ विधानसभा क्षेत्रों में स्थित सात सौ नुक्कड़ों पर एक साथ किया गया सुब्रत साहू दौरा राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने आज बलरामपुर रामानुजगंज और बलौदाबाजार जिले में बीस नवंबर को होने वाले मतदान की तैयारियों का जायजा लिया श्री साहू दोनों जिलों के विभिन्न मतदान केंद्रों में गए और स्ट्रांग रूम तथा मतगणना हॉल का अवलोकन किया श्री साहू ने बलरामपुर के अधौरा और भनौरा में बनाये गए संगवारी मतदान केन्द्र का निरीक्षण भी किया इसके अलावा उन्होंने अधिकारियों की बैठक लेकर विधानसभा चुनाव तैयारियों की समीक्षा की उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारियों से सभी जरूरी व्यवस्था तत्काल पूरी करने को कहा श्री साहू ने संबंधित नोडल अधिकारियों को सभी तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश दिए उन्होंने सी विजिल ऐप के जरिये प्राप्त शिकायतों के निराकरण पोस्टल बैलेट वितरण मतदाता पर्ची वितरण मतदान के दौरान दिव्यांग मतदाताओं के लिए की गई व्यवस्था के संबंध में जानकारी ली श्री साहू ने दोनों जिलों में मतदान केन्द्रों का निरीक्षण कर वहां बिजली पानी शौचालय फर्नीचर और दिव्यांगों के लिए रैम्प की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री साहू ने स्ट्रांग रूम और मंतगणना स्थलों की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम करने कहा

दूसरे चरण के निवर्चिन कार्य को सुगम सुध्यर और समावेशी ढंग से संपन्न कराने के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में प्रत्याशियों राजनीतिक दलों और निर्वाचन अमले की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है इसके लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में विभिन्न निगरानी कक्ष स्थापित किए गए हैं इनमें टीवी मॉनिटरिंग कक्ष सोशल मीडिया निगरानी कक्ष पत्र परिनिरीक्षण कक्ष सी विजिल ऐप निगरानी कक्ष और कॉल सेंटर के माध्यम से पूरे राज्य में निर्वाचन संबंधी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है सी विजिल ऐप में कॉल सेन्टर और नियंत्रण कक्ष के माध्यम से चौबीसों घण्टे लोगों द्वारा दी जाने वाली सूचनाएं दर्ज की जा रही हैं और उन पर तत्परता से कार्यवाही की जा रही है सी विजिल पर मिलने वाली शिकायतों के निराकरण के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में अलग से नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है अब तक साढ़े बारह सौ से अधिक शिकायतें आम लोगों द्वारा आचार संहिता के उल्लंघन की दर्ज कराई गई हैं इनमें से अंठानवे फीसदी से अधिक का निराकरण भी कर लिया गया है कर्मचारी निलंबित बिलासपुर जिले में दूसरे चरण के लिए निर्वाचन कार्य में लगे कर्मचारियों पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने बड़ी कार्रवाई की है

स्वीप कार्यक्रम मतदाता जागरूकता अभियान स्वीप के तहत दूर्ग भिलाई इंजीनियरिंग महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने आज मानव श्रृंखला का निर्माण किया इन विद्यार्थियों ने रविशंकर शुक्ल चौक से मूर्गा चौक तक मतदान जागरूकता से संबंधित संदेश लिखी तख्तियां लेकर मतदाताओं से मंतदान की अपील की वहीं बिलासपुर जिला निर्वाचन अधिकारी ने बीस नवंबर को मतदान के दिन दिव्यांग मतदाताओं को मतदान केंद्र तक पहुंचाने के लिए ई रिक्शा वाहन की व्यवस्था की है

दूसरे चरण का चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के मद्देनजर आज कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़ में सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च किया

इसमें किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है हमारे संवाददाता के अनुसार यह घटना इंजरम से भेज्जी के बीच गोरखा के पास हुई है इन वाहनों को सड़क पर रोक माओवादियों ने इसमें आग लगा दी सीआरपीएफ और जिला पुलिस बल के जवान मौके पर पहुंच गए हैं वहीं बीजापुर के मुरदोण्डा कैंप के पास सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ होने की खबर मिली है जवानों की जवाबी कार्रवाई के बाद माओवादी भाग निकले इस मुठभेड़ में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है मेगा ब्लॉक दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर रेलमंडल के बिलासपुर कटनी और अनूपपुर अंबिकापुर सेक्शन में कल सत्रह नवंबर को आवश्यक रखरखाव के कारण कृछ गाड़ियों का परिचालन प्रभावित रहेगा रेलवे से मिली जानकारी के मुताबिक कल बिलासपुर कटनी और कटनी से बिलासपुर तक चलने वाली मेमू रद्द रहेगी वहीं अंबिकापुर से छूटने वाली अंबिकापुर जबलपुर एक्सप्रेस एक घंटा देरी से रवाना होगी साथ ही कुछ अन्य मेमू और लोकल पैसेंजर ट्रेन भी एक से डेढ घंटे की देरी से रवाना होगी संक्षिप्त समाचार बीजापुर जिले में सीआरपीएफ एक सौ अड़सठवीं बटालियन के एक जवान ने आज फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली जांजगीर चांपा जिले में नवागढ़ के नेग्रडीह में पूलिस ने एक वाहन से छह लाख रूपये बरामद किए हैं